ये विधेयक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों अधिनियम उन्नीस सौ नवासी में संशोधन चाहता है केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अन्मोदित किया था जब सरकार ने एस सी और एस टी अधिनियम के मूल प्रावधानों का बहाल करने के लिए संसद में संविधान संशोधन लाने का फैसला किया था संशोधन का उद्देश्य इस वर्ष माच्र में आये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त करना है विधेयक पेश करते हए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलौत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद शीर्ष न्यायालय में एक पूर्न विचार याचिका दायर की गई थी जो अभी विचाराधीन है उन्होंने कहा कि निर्णय कब आयेगा इस बारे कोई निश्चितता नहीं है इसलिए सरकार ने संशोधन विधेयक लाने का फैसला किया श्री गहलौत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश कानून की आत्मा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा था और एस सीज़ और एस टीज़ को न्याया में बाधा हो रही थी बहस श्रू करते हए कांग्रेस के मल्लिकार्ज्न खड़गे ने सवाल उठाया कि शीर्ष न्यायालय के आदेश के चार महीने के बाद भी इस सम्बधी अध्यादेश को क्यूं नहीं जारी किया गया उन्होंने मांग की इस अधिनियम को संविधान की अन्सूची में शामिल किया जाना चाहिए ताकि यह सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो बीजेपी के विनोद सोनकर ने कांग्रेस पर डॉ बी आर अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हए कहा कि कांग्रेस ने डॉ अम्बेडकर को चूनाव में हराने के लिए काम किया था और अब वो उनके दृष्टिकोण की बात कर रही है उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने एस सी और एस टी के हितों के साथ समझौता किया जबकि एनडीए सरकार ने उनके कल्याण के लिए कई कार्य किये है हरियाणा सरकार ने गन्ने की बढ़ती पैदावार को देखते हुए सभी सहकारी चीनी मिलों की क्षमता को बढ़ाने का निर्णय लिया ताकि जिससे गन्ने की पिराई और रिकवरी समय पर हो

उन्हांने कहा कि डाहर पानीपत चीनी मिल भी आगामी पिराई सीजन से शुरू हो जाएगी

उन्होंने बताया कि हैफेड ने आईएमटी रोहतक में मेगा फुड प्रोजेक्ट की स्थापना का कार्य शुरू किया है

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने आज कहा है कि देश भर में टोल प्लाजा खत्म करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है आज राज्यसभा में प्रश्न काल के दौरान प्रक सवालों का जवाब देते हए श्री गड़करी ने कहा कि टोल से एकत्र राज्स्व से सड़केां और राजमार्गो के निर्माण में मदद मिलती है केन्द्रीय खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा है कि कबड्डी का खेल सरकार की प्राथमिकता है वे आज राज्यसभा में प्रश्न काल के दौरान प्रक मांगों का जवाब दे रहे थे एक सवाल पर कि क्या सरकार कबड्डी को ओलपिक्स में शामिल करने का प्रयास कर रही है श्री राठौर ने कहा कि कबड्डी तीस से अधिक देशो में खेली जाती है उन्होंने आशा व्यकत की यह खेल भी अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में शामिल होगा ग्रूग्राम के बहचर्चित गीताजंलि हत्या कांड में आज पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत मे स्नवाई के दौरान दो गवाहों के बयान दर्ज किये गये मामले की अगली स्नवाई छ सितम्बर को होगी काबिलेगौर है कि पिछली स्नवाई में गीताजंलि के भाई के बयान दर्ज हये थे

हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने कल राज्य के सभी चार हजार से अधिक बसों का चक्का जाम करने की घोषणा की है

सर्वकर्मचारी संघ हरियाणा ने भी रोडवेज़ कर्मचारियों का चक्का जाम का समर्थन कियाहै रोडवेज संघर्ष समिकित ने नेताओं ने हड़ताल की कामयाबी के लिए आज सभी डिप्ओं का दौरा किया हरियाणा रोडवेज़ वर्कर्स युनियन के प्रदेश महासचिव सरबत सिंह प्रनिया ने फतेहाबाद में मीडिया से बातचीत में कहा कि केन्द्र सरकार नये मोटर ब्हीकल एकट को लागू कर सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र का पूर्ण निजीकरण करना चाहती है उन्होंने आरोप लगाया कि इस एकट के लागू होने होने से जनता से किफायती व सुरक्षित सरकारी परिवहन सेवायें छिन जायेंगी कर्मचारी नेताओं ने कहा कि इस बिल में वाहन चालकों पर सज़ा व दंड को कई ग्रणा बढ़ा दिया गया है उन्होंने कहा कि सात सौ बसों को ठेके पर लेने का फैसला किया गया है जबकि पूरे प्रदेश मे सरकारी बसों की मांग की जा रही है इससे रोज़गार का संकट बढ़ जायेगा उन्होंने मांग की कि पूरे देश में डीज़ल व पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाये रोडवेज़ कर्मियों की ओर से जनता से सहयोग की अपील भी की गई

आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता में श्री ग्रोवर ने कहा कि गत चार सालों में सरकार ने कृषि व सहकारिता से सम्बद्ध कई नई योजनायें श्रू की है एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि वीटा के तीन सौ सतासी ब्थ चल रहे है और एक सौ बारह जगहों पर अलॉट की जानी है

यह विधेयक जिला मैजिस्ट्रेटस का अधिकार देगा कि वो बच्चों को गोद लेने के आदेश जारी सर्केगे जिससे ऐसे निर्देश जारी करने में लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा

खेल मंत्री अनिल विज ने कहा कि इसके लिए जल्द विज्ञापन जारी किया जाएगा क्ंडली मानेसर एक्सप्रेस वे पर आज सूबह तेज़ रफ्तार ट्राला और कंटेनर की टक्कर में कंटेनर परिचालक की मौत हो गई प्लिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेत् भेज दिया है